आर्थिक सुधार केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आर्थिक सुधारों की गति भारत को वैश्विक निवेश का केंद्र बनायेगी एक सम्मेलन में वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के इस समय में भी व्यापक स्धार करने का कोई अवसर नहीं गंवाया उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने ऐसे स्धार भी किए हैं जिनकी दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी वित्तमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान भी स्धार गति जारी रहे यह स्निश्चित करने के लिए कई और कदम उठाए जा रहे हैं निर्मला सीतारामन ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र का व्यावसायिक विकास किया जा रहा है और सरकार विनिवेश के साथ इसे जारी रखेंगी कराधान प्रणाली में स्धारों पर वित्तमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग ने कर जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कमी करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा इरादा बहराष्ट्रीय और बड़ी या छोटी कंपनियों को तत्काल लाभ पहुंचाना है सब्जी दाम राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए हैं कल मंत्रालय में उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सब्जियों के थोक व खुदरा मूल्य में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए श्री चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य है किसानों को उनकी सब्जियों आदि उपज का सम्चित मूल्य दिलवाना इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने संबंधी रिपोर्ट तैयार कर दो दिन में प्रस्तुत की जाए गौरतलब है कि केरल में सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की व्यवस्था है केरल में इसके लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है

मन्दसौर जिले में बढ़ रही ठंड के साथ कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे है

पन्ना में कल एक कोरोना पोजेटिव मरीज पाया गया

कल मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौहान ने कहा कि हमें कोरोना संक्रमण को रोकना है साथ ही अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण के संबंध में शासन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के स्थान पर जनता को आत्मानुशासन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए उधर इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोरोना संक्रमण की बढती रफ्तार को देखते हए जिला प्रशासन ने क्छ प्रतिबंध लागू किए हैं

ग्वालियर में बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है रायसेन में जिला स्तरीय प्रबंधन समूह की बैठक आज आयोजित की गई है

यह धान अवैध रुप से उत्तरप्रदेश के इटावा से दतिया जिले के खरीदी केंद्र पर बिकने आई थी नायब तहसीलदार सुनील भदौरिया और टीआई वायएस तोमर ने यह कार्यवाही की गई एक दिन पहले भी अवैध रूप से लाया गया धान पकड़ा गया था

हालांकि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है